प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट गव डॉट इन पर भी इसका उसी समय प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका दोबारा प्रसारण रात आठ बजे किया जायेगा मन की बात के पिछले संस्करण में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परीक्षा के तनाव से निपटने प्रद्षण समाप्त करने और मादक पदार्थों की चूनौती सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की थी उधर राज्य में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुनने के लिये भाजपा ने भव्य तैयारी की है जिनमें पांच विधानसभा क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की गयी है दीघा पटना साहिब लखीसराय और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को सुनने के लिये कार्यकर्ता उपस्थित होंगे राज्य के नवजात से लेकर अठारह साल तक के गरीबों को मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय की उपस्थिति में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार सिंह ने नौ चिकित्सा संस्थानों के साथ इस संबंध में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इलाज के दौरान चिकित्सा संस्थानों में बच्चे के साथ उसके परिवार के एक सदस्य का भी भोजन अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध करायेगा राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि राज्य के विभिन्न स्कूलों में जल्द ही एक लाख शिक्षकों की भर्ती की जायेगी श्री वर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में समान काम समान वेतन मामले पर निर्णय आते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी उन्होंने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की समाप्त हो रही समयसीमा में व्रद्धि की जायेगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार ग्यारह बारह में ली गयी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अवधि सात सालों के बाद समाप्त होने वाली थी जिसे बढ़ाया जायेगा प्रवर्तन निदेशालय ईडी नक्सली कमांडर मुसाफिर सहनी के संपत्ति को जब्त करेगा ईडी के अनुसार नक्सली कमांडर ने अपनी पत्नी और अन्य परिजनों के नाम से संपत्ति जमा की है गौरतलब है कि इसके पूर्व राज्य के तीन नक्सलियों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है वहीं मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने बावन लाख रूपये लूट के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है गंगा किनारे साफ सफाई की स्थिति का निरीक्षण करने के लिये केंद्रीय टीम पटना पहुंची है जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस के अंतर्गत घाटों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जानकारी ली दल ने पटना नगर निगम के कार्यालय में पहुंचकर गंगा की सफाई के लिये किये जा रहे कार्य की जांच पड़ताल की मूख्यमंत्री नीतीश क्मार आज प्रदेश के पहले इको ट्ररिस्ट स्थल घोड़ाकटोरा डैम में देश की दूसरी सबसे उंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री शाम में राजगीर महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे बुद्ध की ध्यान चक्र परिवर्तन मुद्रा की इस प्रतिमा को बनाने में कारीगरों और इंजीनियरों को पांच सौ सैंतालीस दिन लगे हैं इसमें पैंतालीस हजार घनफुट गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर लगाया गया है मूर्ति की उंचाई लगभग सत्तर फीट है जबकि राज्य के बोधगया और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ब्रद्ध की अस्सी अस्सी फूट की प्रतिमाएं लगी लगी हैं राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर और गया जिले में प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता में लगातार आ रही कमी को ठीक करने के लिये प्रद्षण नियंत्रण परिषद ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है जिसमें वायु प्रद्षण नियंत्रण के लिये विशिष्ट एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है परिषद के सदस्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि ठंड के दिनों में वायुमंडल की निचली परत में छोटे धूलकण और कार्बन होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर असर पड़ता है राज्य में दिव्यांगों को भी वाहन चलाने का लाईसेंस परिवहन विभाग दे रहा है विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि पटना जिले में आठ दिव्यांगों का ड्राइविंग लाईसेंस बनाया गया है उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने दिव्यांगों के गाड़ी के निबंधन शुल्क और रोड टैक्स को माफ करने का निर्णय लिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती तीन दिसम्बर को मैट्रिक और इंटर के दो हजार अठारह की परीक्षा के आधार पर बनायी गयी टॉपरों की मेधासूची में शामिल तैंतालीस छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगी समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक और इंटर के टॉपर को एक एक लाख रूपये दूसरे स्थान के टॉपरों को पचहत्तर पचहत्तर हजार और तीसरे स्थान के छात्रों को पचास पचास हजार रूपये दिये जायेंगे गोपालगंज जिले के एफसीआई ओपी थाना क्षेत्र के बिहट पुरानी बाजार में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यावसायी को गोली मार दी जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है भागलपुर जिले में रेल पुलिस ने एक बांग्लादेशी किन्नर को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में चल रहे सी के नायडू अंडर टवेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे मैच में बिहार ने सिक्किम को एक पारी और तीन सौ नौ रनों से पराजित कर दिया इस जीत से बिहार की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गयी है जो कोलकता में मणिपुर के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगी उधर मणिपूर में होने वाली चौसठवीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर फोर्टीन ताइक्वांडों प्रतियोगिता के लिये टीम को राज्य खेल प्राधिकरण ने रवाना कर दिया है वहीं नागपुर में होने वाली चालीसवीं सीनियर नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीम का चयन करने के लिये पच्चीस नवम्बर से राजधानी पटना के साईंस कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जा रहा है प्रदेश में आज से ठंड में वृद्धि होने की संभावना बढ़ गयी है सुबह में धूंध छायी रहेगी न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो रही है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान के गिरने से ठंड बढ़ेगी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि गया पूर्णिया औरंगाबाद और राजगीर में ठंड अधिक होगी ओस और कोहरा भी तेजी से बढ़ेंगे उधर पटना की हवाओं में तिरसठ प्रतिशत नमी दर्ज की गयी है जबकि न्यूनतम तापमान चौदह डिग्री और अधिकतम तापमान उनतीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने सरकार मंदिर बनाने की तारीख बताए को अपनी प्रमुख सुर्खी दी है दैनिक जागरण लिखता है शहर के एक हजार खुले मैनहोल तीस दिसम्बर तक ढंके जायेंगे दैनिक भास्कर ने मैरीकॉम की जीत पर शीर्षक दिया है तीन बच्चों की मां मैरीकॉम आठ साल बाद फिर वर्ल्ड चैंपियन छह गोल्ड जीतने वाली पहली महिला प्रभात खबर ने सिमरिया मेला पर अपनी सुर्खी बनायी है सिमरिया में सजेगा साहित्य महाकुम्भ राष्ट्रीय सहारा ने बालू पर शीर्षक दिया है बालू की बढ़ती कीमत को रोकें आज ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु पकड़े जायेंगे को बड़ी खबर बनाया है